पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के माहौल में मनायी जा रही है दीपावली

प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी

दीपों का त्योहार दीपावली आज परंपरिक आस्था और उल्लास से मनाई जा रही है अंधकार पर प्रकाश अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक इस पर्व पर घरों मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थलों को दीपों से सजाया जाता है इस अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि जगह जगह पर देवी लक्ष्मी की प्रजा अर्चना के लिये पंडाल बनाये गये हैं दीपावली को लेकर बाजारों में भी काफी चहल पहल है इधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने आज रात के आठ बजे से दस बजे के बीच पटाखा फोड़ने का समय निर्धारित किया है किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग और अस्पतालों समेत अन्य एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है पर्व के मद्देनजर राजधानी पटना समेत राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है विभिन्न चौक चौराहों बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर ऐहतियात के तौर पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस वर्ष दीपावली उत्तराखंड में सुदूर सीमा चौकी पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों के साथ मनाएंगे श्री मोदी ने कहा कि वे बहादुर जवानों के साथ दीपावली मनाने की तस्वीरें साझा करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दीपावली की बधाई देते हुये कामना की है कि प्रकाश पर्व लोगों के जीवन में शांति सौहार्द समृद्धि और खुशहाली लेकर आयेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ज्योति पर्व दीपावली के अवसर पर लोगों को बधाई दी है एक ट्वीट में उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह त्योहार हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाएगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में राज्यवासियों से पारस्परिक सौहार्द सद्भाव और उल्लास के साथ दिवाली मनाने का आहवान किया है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के उपसभापति हारूण रशीद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं राजधानी पटना की हवा में प्रद्रषण का स्तर काफी बढ़ गया है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक तीन सौ चौंतीस दर्ज की गयी है जो बेहद खराब श्रेणी में आता है वहीं यह सूचकांक मुजफ्फरपुर का तीन सौ सत्ताईस और गया का तीन सौ साठ पाया गया है बोर्ड के अनुसार पटना में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण महीन धूलकण है प्रदूषण बोर्ड आज प्रत्येक घंटे वायु और ध्वनि का स्तर मापेगा प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है कल पीएमसीएच में छियालीस मरीजों में डेंग् की प्रष्टि हुई जिसमें चालीस मरीज पटना के हैं अब तक बारह सौ से अधिक लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है सबसे अधिक नौ सौ सत्तर मरीज पटना में पाये गये हैं सीवान में अड़सठ नालंदा में तिरपन मुजफ्फरपुर में छब्बीस वैशाली में पच्चीस सीतामढ़ी और सारण में स़त्रह सत्रह भागलपुर में पन्द्रह गया में तेरह और औरंगाबाद में दस मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है वहीं समस्तीपुर और पूर्वी चम्पारण में आठ आठ जहानाबाद में छह तथा बांका और बेगूसराय में पांच पांच डेंगू के मरीज मिले हैं डेंगू से दस से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है हालांकि सरकार की ओर सिर्फ एक मरीज की डेंगू से मौत की पुष्टि की जा रही है प्रदेश में हरेक साल दस हजार सिपाहियों की बहाली होगी अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय एसके सिंघल ने यह जानकारी देते हुये बताया कि सरकार की योजना अगले दो तीन सालों में पुलिस में स्टाफ की कमी को दूर करना है उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस संबंध में पटना में हुई उच्चस्तरीय बैठक में भर्ती प्रक्रिया को बेहतर तरीके से पूरा करने पर गहन विचार विमर्श किया गया सीबीआई ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की सहयोगी मधु के पुरानी गुदरी स्थित घर पर छापेमारी की है सूत्रों ने बताया कि इस दौरान मधु की मां और पारिवारिक सदस्यों से लम्बी पूछताछ की गयी इधर जांच एजेंसी ने नगर निगम से साहू रोड स्थित बालिका गृह के भवन के कागजात और नक्शे के संबंध में भी रिपोर्ट मांगी है माना जा रहा है कि ब्रजेश ठाकुर का यह घर जल्द ही ध्वस्त किया जा सकता है वहीं दूसरी तरफ आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तार पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चन्द्रशेखर वर्मा की कल बेगूसराय के मंझौल स्थित एक कोर्ट में पेशी हुई बाद में अदालत ने उसे चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय मोतीहारी के कुलपति प्रोफेसर अरविंद कुमार अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है प्रोफेसर अग्रवाल ने पिछले दिनों अपना इस्तीफा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दिया था उन पर पद के लिए आवेदन देने के समय शैक्षणिक योग्यता से संबंधित गलत जानकारी देने का आरोप है राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि सत्रह दिसम्बर तक बढ़ा दी है परिवहन सचिव संजय कुमार ने बताया कि वैसे पंचायत जहां से योजना के लिए पांच आवेदन नहीं आए हैं वहां के बेरोजगार युवक युवती सत्रह दिसम्बर तक अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं पटना हाई कोर्ट ने बेगूसराय के जिलाधिकारी के वेतन पर रोक लगा दी है न्यायालय ने जिले के सकरपुरा निवासी अशोक कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुये यह आदेश दिया अशोक कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी निजी जमीन को पर्चाधारियों के बीच बांट दिया गया था इस पर आपत्ति किये जाने के बाद सभी पर्चे रद्द कर दिये गये लेकिन आवेदक को जमीन पर दखल कब्जा नहीं दिया गया एक प्रशिक्षु महिला पुलिस कर्मी के साथ छेड़खानी के मामले में पटना बीएमपी पांच के प्रशिक्षक सूबेदार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है पटना महिला थाना अध्यक्ष रवि रंजना ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है शिक्षा विभाग ने नौवीं कक्षा के छात्र छात्राओं को साईकिल के लिए तीन सौ अड़तालीस करोड़ रूपये की स्वीकृति दे दी है विभाग के सूत्रों के अनुसार इस राशि से ग्यारह लाख पचपन हजार सात सौ एक छात्र छात्राओं को साईकिल उपलब्ध कराया जायेगा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन छात्र छात्राओं की अप्रैल से सितम्बर माह के बीच कक्षा में पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति होगी उनके खाते में ही यह राशि जायेगी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि बढ़ा कर बाईस नवम्बर कर दी है पहले यह तारीख पांच नवम्बर तक निर्धारित थी होमगार्ड जवानों का बढ़ा हुआ दैनिक भत्ता लागू हो गया है गृह विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है अब होमगार्ड जवानों को चार सौ रूपये की जगह सात सौ चौहत्तर रूपये दैनिक भत्ता मिलेगा पूर्वी चम्पारण जिले में हड़ताल पर गये सत्ताईस ग्रामीण आवास सहायकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है औषधि विभाग की टीम ने गया जिले के मानपुर प्रखंड के पोखड़ा गांव में अवैध रूप से चल रही एक आयुर्वेदिक दवा कम्पनी पर छापेमारी कर दस लाख रूपये मूल्य की दवाई जब्त की है खगड़िया के पसराहा थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक आरोपी मिथुन दास को गिरफ्तार कर लिया है

मोतिहारी जिले में एक निजी फाईनेंस कम्पनी से नौ लाख रूपये गबन के मामले में शाखा प्रबंधक और सहायक को गिरफ्तार कर लिया गया है औरंगाबाद जिले के दाउदनगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ उनचालीस पर एक वाहन की चपेट में आने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है सूखा पीड़ित किसानों को दोहरा लाभ दैनिक जागरण की सुर्खी है बिहार नहीं असम के रास्ते राज्यसभा भेजे जा सकते हैं रामविलास पासवान दैनिक भास्कर लिखता है फैजाबाद का नाम अब अयोध्या राम के नाम पर बनेगा एयरपोर्ट प्रभात खबर ने लिखा है व्रंदावन के लिए निकले तेज प्रताप ने बनारस में जमाया डेरा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है अपना घर में भी जुल्म ओ सितम आज ने भारत वेस्टइंडीज टी ट्वेंटी श्रंखला से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है भारत का सीरीज पर कब्जा और अब अंत में मुख्य समाचार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के माहौल में मनायी जा रही है दीपावली

प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी